केन्द्रीय क्रषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया कि किसाने की आय दुगुनी करने संबंधी अंतर मंत्रालय समिति ने पिछले वर्ष सितम्बर में सरकार को सिफारिश सौंपी थी श्री तोमर ने बताया कि समिति ने कृषि हाट सुधारों किसानों को उपज की बेहतर कीमत दिलाने उनके लिए खाद बीज वगैरह किफायती दरों पर मुहैया कराने सिचाई प्रबंधन और जोखिम से निपटने जैसे उपायों पर जोर दिया है नरेन्द्र सिंह तोमर ने यह भी बताया कि किसानों की आय दुगुनी करने की दिशा में कई पहल की जा चुकी हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कहा इसी कार्यक्रम के अंतर्गत यह विचार हआ कि गांव में परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध हो और अजीविका भी उपलब्ध हो इसलिए अजीविका एक्सप्रेस कार्यक्रम चालू किया जाये और इसमें सात सौ तीस वाहन लगभग सत्रह राज्यों में अजीविका समूह उपयोग कर रहे हैं और इनकी मॉनिटीरिंग और निगरानी का प्ररा प्रबंध है केन्द्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के सत्रह समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के प्रदेश सरकार के फैसले को अनुचित और असंवैधानिक बताया है राज्यसभा में शून्यकाल में सवालों के जवाब में केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि ऐसे फैसले करना संसद का अधिकार है और इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होती है उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़े वर्ग के इन समुदायों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करना चाहती है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए इस आशय का प्रस्ताव केन्द्र के पास भेजना होगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मानवता की भलाई के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लाभान्वित करने का आहवान किया है श्री नायड् आज राजधानी के आरकेप्रम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्रों के समूह से बातचीत कर रहे थे इस महीने के आखिर में इस स्कूल के छात्र अमरीका के फ्लोरिडा में अंतरिक्ष बस्ती के डिजाइन की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे उपराष्ट्रपति ने कहा कि आगामी दिनों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अधिक अध्ययन का विषय होगा प्रदेष सरकार विभागों के पुनर्गठन पर नये सिरे से विचार करेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुयी कैबिनेट की बैठक में विभागों के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर चर्चा हुयी चर्चा में कई विभागों को केन्द्र के नये मंत्रालय के अनुरूप बनाने पर विचार किया गया और प्रस्ताव को नये सिरे से विचार विमर्ष के लिये भेजा गया नये प्रस्ताव को नये सिरे से एक बार फिर कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्दार्थनाथ सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्य सचिव के अधीन गठित समिति विभागों के विलय पर एक बार फिर से रिर्पोट देगी अगले सप्ताह होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को फिर से रखा जायेगा श्री सिंह ने बताया कि केन्द्र के साथ साथ राज्य सरकारं भी न्यूनतम सरकार और अधिकतम षासन की नीति पर कार्य करेगी इसके मद्देनजर ही मंत्रालयों का विलय किया जायेगा उन्होंने बताया कि एक उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिष की थी कि राज्य सरकार को संतानबे सरकारी विभागों को संतावन विभागों में समेट देना चाहिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की छः तारीख से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान श्रू करेंगे गृहमंत्री अमित शाह तेलंगाना में जबकि पार्टी के अन्य नेता देश के विभिन्न भागों से इस अभियान की शुरूआत करेंगे आज संसद के पुस्तकालय भवन में भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी इस अभियान में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भाग लेंगे इस बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा भारतीय जनता पार्टी के मेंबरशिप अभियान के छह तारीख माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी में लॉन्च करेंगे और माननीय अमित भाई शाह तेलंगाना में लॉन्च करेंगे इतना ही नहीं जो एमपी हैं सिर्फ पॉलिटीकल चीज ब्यान बाजी इसमें सिर्फ इसमें न लगते हुए सेवा का रिक्गनेशन हर एक एमपी को हर एक जन प्रतिनिधि को होना चाहिए ये प्रधानमंत्री ने बहुत ही तृष्ट देकर कहा राजधानी लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में उतरेठिया मार्ग पर आज एक ट्रक ने एक ई रिक्षा और एक मिनी ट्रक को टक्कर मार दिया जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी पुलिस सूत्रों ने बताया कि तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ई रिक्षा और मिनी ट्रक को टक्कर मारने के बाद सर्विस लेन पर स्थित एक रेस्टोरेंट में धुस गया जिससे यह हादसा हुआ प्रदेष के कई जिलों में बारिष होने से लोगों को भीशण गर्मी से राहत मिली है पष्चिमी उत्तर प्रदेष के बरेली में आज दोपहर बाद बारिष हुयी पीलीभीत और बदायूं में भी हल्की से मध्यम वर्शा होने की खबर है प्रदेष के पूर्वी जिलों में सुबह से ही आसमान में बादल छाये हये हैं और कुछ स्थानों पर हल्की ब्रंदाबांदी हुयी हालांकि इस बारिष ने उमस भरी गर्मी को बढ़ा दिया है